प्रदेश में भी हो रही शोक सभाएं मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में बनेगी नई निवेश नीति जिलों में रोजगार बढ़ाने पर होगा जोर विश्व आदिवासी दिवस पर छिंदवाड़ा और झाबुआ में होंगे राज्य स्तरीय सम्मेलन राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी नदी नाले उफान पर प्रादेशिक समाचार एकांश की मध्यप्रदेश के शहीदों पर विशेष श्रंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज सुनिये तात्या टोपे की शौर्य गाथा

अंतिम संस्कार में उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शामिल हुए सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से कल नई दिल्ली में निधन हो गया था श्रीमति स्वराज के निधन पर राज्यसभा में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और बाद में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति उपाध्यक्ष हिना कांवरे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की है लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक जताया है उमरिया आगरमालवा सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करने के समाचार मिल रहे हैं कमलनाथ बयान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल में कहा है कि सरकार नई निवेश नीति बनाएगी जो जिले में रोजगार आधारित हो अपने मुम्बई दौरे के बारे में यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में विश्वास का वातावरण बनाने के लिये प्रयासरत् हैं उन्होंने कहा कि वे उद्योगपतियों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि उनका भरोसा प्रदेश को कैसे मिले मुख्यमंत्री आज दो दिवसीय मुम्बई यात्रा पर रवाना हो गये हैं वे कल मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निर्मित मध्यलोक भवन का लोकार्पण करेंगे

मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों ही कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस मौके पर आदिवासी कल्याण के लिये प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी और सामूहिक भोज का आयोजन होगा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

अयोध्या सुनवाई उच्चतम न्यायालय में अयोध्या भूमि विवाद मामले की आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई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

अब क्रिकेट खिलाड़ियों को स्टेट व नेशनल लेवल पर क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकेगा इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी द्वारा शिवपुरी के माधवराव सिंधिया खेल परिसर में चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है

बैतूल जिले में अच्छी बारिश के चलते ताप्ती सरोवर उफान पर है

उमरिया जिले में बीती रात से रूकरूक कर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है दमोह में बारिश के चलते उल्टी दस्त की शिकायतें बढ़ गई हैं